पिछले चार दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नदियां उफान पर

लोकसभा ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक दो हजार अठारह पारित कर दिया है ये विधेयक इसी वर्ष इक्कीस अप्रैल को जारी अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में बारह साल से कम आयु की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ मौत की सजा का प्रावधान किया गया है विधेयक के अनुसार सोलह साल से कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म के लिए न्यूनतम सजा दस साल से बढ़ाकर बीस साल कर दी गई है जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है विधेयक में तेजी से जांच और मुकदमे की सुनवाई का प्रावधान भी किया गया है दुष्कर्म के सभी मामलों की जांच के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है जांच दो महीने के अंदर अनिवार्य रूप से पूरी कर लेनी होगी दो महीने के अंदर ही सुनवाई पूरी करनी होगी विधेयक में अपीलों के निपटारे के लिए भी समय सीमा तय कर दी गई है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में बालिका गृह का संचालन करने वाली स्वयं सेवी संस्था सेवा संकल्प विकास समिति के खिलाफ स्वाधार गृह से ग्यारह महिलाओं के लापता होने के मामले में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गयी है जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दिवेश शर्मा ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि बालिका गृह मामला सामने आने के बाद जब स्वाधार गृह का निरीक्षण किया गया तो उसमें ताला लगा हुआ था इस गृह में ग्यारह महिलाएं रह रही थी वहीं सीबीआई की टीम ने कल बालिका गृह परिसर का मुआयना किया टीम में शामिल अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बालिका गृह के बारे में पूछताछ भी की सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई जल्द ही बालिका गृह का संचालन करने वाली स्वयं सेवी संस्था के प्रमुख ब्रजेश ठाकुर और अन्य आरोपियों को रिमांड पर लेकर प्रछताछ करेगी जांच एजेंसी ब्रजेश ठाकुर की महिला मित्र मधु की तलाश में भी जूटी है मधु ही ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ की मुख्य कर्ताधर्ता बतायी जाती है इधर समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों में चल रहे शेल्टर होम के संबंध में जिलाधिकारियों से पन्द्रह अगस्त तक रिपोर्ट मांगा है प्रदेश के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी इस मामले को लेकर केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कल ही अपना हलफनामा दायर करते हुये जवाब पेश कर दिया था उम्मीद जताई जा रही है की आज इस मामले में कोई अंतिम फैसला आ सकता है प्रदेश में समान स्कूल प्रणाली लागू करने पर पटना हाई कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये सरकार से जवाब तलब किया याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के संकल्प के अनुसार समान स्कूल प्रणाली को लागू करने के लिए वर्ष दो हजार छह में मूचकूंद दूबे समिति का गठन किया गया था जिसने दो हजार सात में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सोंप दी थी ग्यारह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सरकार द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गयी रेलवे ने कहा है कि नौ अगस्त से शुरू हो रही ग्र्प सी की परीक्षा के लिए इकहत्तर प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थियों के परीक्षा केन्द्र उनके शहरों के दो सौ मीटर के दायरे में आवंटित किये गये हैं वहीं चालीस लाख परीक्षार्थियों को उनके आवासीय पते के पांच सौ किलोमीटर में दायरे में परीक्षा केन्द्र आवंटित किया गया है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना जतायी है विभाग ने कहा है कि प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती दबाव और आस पास के क्षेत्रों के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अधिकतर हिस्सों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान बारिश की सम्भावना बनी हुई है पिछले चार दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नदियां उफान पर हैं नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के मई फरीदा गांव के बीच पंचाने नदी पर बना बांध नदी के तेज बहाव में बह गया जिससे प्रखंड का जिला मुख्यालय से सम्पर्क टूट गया है वहीं जिले के हरनौत के पोवाड़ी गांव के पास तटबंध के ध्वस्त हो जाने से सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी फसल बर्बाद हो गयी है इधर कैमूर जिले के भभुआ में बेलांव बग्घी पथ पर पानी चढ़ जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है जहानाबाद के अलगना मोड़ के पास दरघा नदी में बना डायवर्सन पानी के तेज बहाव में ध्वस्त हो गया जिससे इस मार्ग पर आवागमन बाधित है जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बक्सर और आरा में गंगा नदी खतरे के निशान के आस पास बनी हुई है कोसी गंडक बूढ़ी गंडक कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है मुख्यमंत्री नीतीश कूमार आज प्रदेश में उत्पन्न बाढ़ सुखाड़ की स्थिति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे श्री कुमार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करेंगे बैठक में कृषि विभाग ऊर्जा वित्त ग्रामीण कार्य खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण पथ निर्माण जल संसाधन लघु जल संसाधन स्वास्थ्य पशुपालन और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे राज्य सरकार ने फतुहा मोकामा टाल क्षेत्र के विकास के लिए अठारह सौ तिरानवे करोड़ रूपये की योजना बनाई है जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि आम लोगों से मिली राय के अध्ययन के बाद इस योजना को केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा उन्होंने बताया कि इस वर्ष बारह सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चार सौ तेईस बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को पूरा कराया गया है श्री सिंह ने कहा कि सभी अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अंतिम समय तक लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए सभी संभव कदम उठायें पटना स्थित सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में पूर्व सांसद रमा देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है पटना के गर्दनीबाग इलाके से पुलिस ने एक सरकारी क्वार्टर से नौ सौ बोतल शराब बरामद की है मौके से एक कार और एक स्कूटी को भी जब्त किया गया है भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के कुलकुलिया गांव से पुलिस ने छापेमारी कर जाली नोट बनाने वाले अंतरजिला गिरोह के सरगना को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है मौके से जाली नोट छापने की स्कैनिंग मशीन और प्रिंटर भी बरामद किया गया बांका जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के सात साल पुराने एक मामले में तीन दोषियों को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है विश्वविद्यालय कर्मियों को सातवां वेतनमान जल्द दैनिक जागरण की सुर्खी है आईआरसीटीसी घोटाले में लालू राबड़ी और तेजस्वी को समन दैनिक भास्कर की खबर है चालीस लाख असम निवासी नहीं साबित कर पाये नागरिकता

प्रभात खबर ने लिखा है मुजफ्फरपुर बालिका गृह में तीन तरफ सीढ़ियां देख चौंक पड़े सीबीआई एसपी राष्ट्रीय सहारा लिखता है तापमान गिरने से मौसम में आई मिठास अभी और बरसेगा पानी आज की खबर है पीएम ने दी इमरान खान को बधाई

पिछले चार दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नदियां उफान पर